सभा स्थल पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री हिमाचल शिखर की ओर पर आधरित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे प्रधानमंत्री केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे इस बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लोग रैली स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है

इसमें कंडक्टर जगदीश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक राज सिंह सहित तीन अन्य यात्री घायल हुए हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है वहीं कुल्लू और किन्नौर जिलों की उंची चोटियों पर बीती रात हल्का हिमपात हुआ है इससे क्षेत्र में ठंड काफी बढ़ गई है हालांकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है प्रदेश को अधिकांश क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु स्के पास पहुंच गया है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे से जुड़ी खबर को आज सभी अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रधानमंत्री मोदी आज धर्मशाला से करेंगे लोकसभा चुनावों का शंखनाद अमर उजाला का शीर्षक है धर्मशाला में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी दैनिक भास्कर लिखता है लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे मोदी कांगड़ी भाषा में भी होगा भाषण दैनिक जागरण के अनुसार मोदी की मौजूदगी में सरकार आज मनाएगी जश्न दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मोदी को सुनने के लिए हिमाचल बेकररार हिमाचल दस्तक लिखता है आज धर्मशाला में पीएम सबकी नजरें हैं घोषणाओं पर दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मेरे ईमानदार प्रयासों पर बेमानी होगी चार्जशीट दैनिक जागरण के शब्द हैं एक साल बेमिसाल अमर उजाला के अनुसार सरकारी खर्च पर कैसे कराई राहल की रैली करेंगे जांच प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को भी आज अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दागी अफसरों को समय पूर्व रिटायर करे सरकार दिव्य हिमाचल की सुर्खी है संवेदनशील पद तक न पहुंचे दागी अधिकारी हिमाचल दस्तक और दैनिक जागरण का लगभग एक जैसा शीर्षक है दागी अफसरों को जबरन रिटायर करें प्रदेश सरकार

तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने की खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ा धरोहर इंजन प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ राज्यपाल को आज चार्जशीट सौंपेगी कांग्रेस दैनिक भास्कर की एक खबर है मौसम से जुड़ी खबर को अजीत समाचार ने शीर्षक दिया है पहाड़ों पर नए साल में बर्फबारी व वर्षा की संभावना इसी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में बर्फबारी के बीच नए साल का होगा इस्तकबाल दैनिक भास्कर के अनुसार हिमाचल शीतलहर की चपेट में अब ऊना जिला का न्यूनतम तापमान भी जीरो डिग्री पर पहुंचा एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर एक साल की सरकार शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय में लिखा है हमारे तंत्र की मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि उसे पुचकार या ज्ञान देकर जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता है डंडा तो चलाना ही होगा